और पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने यह बात कही

कॉपरेटिव फेडेरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पेटिटिव कॉपरेटिव फेडेरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच डिस्ट्रिक तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया देश सफल हुआ और द्निया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है बाईट आत्मनिर्मर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए वल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे देश के गरीबों को एम्पावर करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से टीकाकरण बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से मुफ्त गैस कनेक्शन मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं से उनके जीवन में खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिये मकान बनाये जा रहे हैं बाईट देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है क्छ राज्य बहत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है

नई टेक्नोलॉजी से तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के छह शहरों में नए मॉडल तैयार हो रहे है श्री मोदी ने कहा कि जलजीवन मिशन शुरू होने के बाद से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पाईप के जरिये जलापूर्ति की गई है बाईट पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है

गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य तथा हर जिले की अपनी विशेषता और क्षमता है

स्थानीय स्तर पर गवर्नेस में सुधार क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है इन सुधारों से टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कनवर्जन्स तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई उन्होंने एक देश एक बिजली दर की व्यवस्था की भी वकालत की है

कोरोना महामारी के वजह से स्कूल पिछले वर्ष चौदह मार्च से बंद थे इससे पहले कक्षा नौ से लेकर बारह तक और कक्षा छह से लेकर आठ तक के सभी स्कूल क्रमशः चार जनवरी और आठ फरवरी से खुल गये थे मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा मास्क पहनना सुरक्षित दूरी का पालन और पचास प्रतिशत उपस्थिति सहित विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन जरूरी होगा सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने अपने स्कूलों में उपस्थित रहने को कहा गया है किसी भी बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अप्रैल महीने तक बिहार के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाईवर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गांव गांव तक इंटरनेट की सुविधा मुंहैया होने से छात्रों को पढ़ाई की बेहतर सामग्री ऑनलाईन उपलब्ध हो सकेगी श्री प्रसाद ने कहा कि इससे विकास योजनाओं के कार्यान्वय को भी गति मिलेगी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है पंचायत चुनाव में छह करोड़ चौवालीस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार चौंसठ लाख अंठावन हजार से अधिक मतदाता हैं राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर ई निर्वायक सूची को अपलोड कर दिया गया है इस बार आयोग जन जागरूकता के लिए फेस बुक इंस्ट्राग्राम और ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है पंचायती राज विभाग ने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप में रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के तीन मुखिया को बर्खास्त कर दिया है पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि बर्खास्त मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे प्रदेश में अब तक पांच लाख साठ हजार चार सौ बारह लोगों को कोरोना का टीका का लगाया जा चुका है पांच लाख इक्कीस हजार छह सौ अड़तीस लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है जबकि टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या अड़तीस हजार सात सौ चौहत्तर है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है इधर विभाग ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्प लाईन नम्बर एक शून्य चार जारी किया है लोग इस नम्बर पर कॉल कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं

अब तक दो लाख साठ हजार तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में संतावन नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक आठ मामले नवादा जिले से सामने आये है वहीं राज्य में फिलहाल पांच सौ एक मरीजों का उपचार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इसमें सबसे अधिक दो सौ तीस मरीज पटना के हैं पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी जबकि दो अन्य लोगों की आंख की रोशनी चली गयी एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने कहा कि इस मामले में एसएचओ को निलंबित किया जा चुका है इस बीच विजयीपुर थाने के थानाध्यक्ष ने जहरीली शराब कांड मामले में छह लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है इस मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है मैट्रिक परीक्षा के दौरान चौथे दिन कल अट्ठाईस परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया जबकि नौ फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक औरंगाबाद जिले से नौ परीक्षार्थी निष्कासित किये गये है पटना उच्च न्यायालय ने एसटीईटी परीक्षा दो हजार उन्नीस के गणित विषय की परीक्षा में पूछे गये सवाल को लेकर दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया है कि आगे से किसी भी परीक्षा में अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं और ऐसे लोगों को खेती की नयी तकनीक तथा आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है श्री सिंह ने भागलपुर जिले के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेला का उद्घाटन करते हये कहा कि राज्य के किसानों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार तेजी से पहल कर रही है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सब एग्री इक्यूवेशन सेंटर चलाया जा रहा है जहां पर युवाओं को पांच लाख से पच्चीस लाख रुपए तक की अनुदान राशि व्यवसाय करने के लिए दिये जा रहे है यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश भर के न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है

हिन्दुस्तान ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिजली में एक देश एक दर की नीति लागू हो दैनिक जागरण ने रोहिणी आयोग से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है ओबीसी आरक्षण की श्रेणी में नहीं चलेगी मनमर्जी दैनिक भास्कर ने देश के अनेक हिस्सों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जुड़ी खबर पर शीर्षक लगाया है लापरवाही पड़ रही भारी देश में अट्ठाईस दिन बाद नये केस चौदह हजार के पार प्रभात खबर ने आईजीआईएमएस में नियुक्ति प्रक्रिया में हुई अनियमितता की खबर का शीर्षक लगाया है पचास सीनियर फैकल्टी डॉक्टरों की बहाली के मामले की जोगी जांच

और पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित